केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ आज अपना चौव्वनवां शौर्य दिवस मना रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया कि विधायक भीमा मंडावी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे इस दौरान कुंआकोंडा थाना क्षेत्र में श्यामगिरी के पास माओवादियों ने विधायक के काफिले में चल रहे वाहनों को बारूदी सुरंग विस्फोट कर उडा दिया

इस घटना में दंतेवाड़ा के भाजपा विधायक भीमा मंडावी और उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस के चार जवानों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई

बस्तर चुनाव प्रचार प्रदेश में पहले चरण के तहत ग्यारह अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है अब प्रत्याशी और समर्थक केवल घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे बस्तर सीट पर सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में है इनमें कांग्रेस से दीपक बैज भाजपा से बैद्राम कश्यप बसपा से आयतुराम मंडावी सीपीआई से रामूराम मौर्य अंबेडकराई पार्टी ऑफ इंडिया से मनीष प्रसाद नाग अखिल भारतीय समग्र क्रांति पार्टी से मंगलाराम कर्मा और शिवसेना से सुरेश उर्फ सरगीम कवासी शामिल हैं उल्लेखनीय है कि पहले चरण में देश के इंक्यानवे लोकसभा सीटों पर आगामी ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे

महासमुंद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गरियाबंद जिले के राजिम और बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए तैयारियां लगभग प्री कर ली गई हैं इस बार दस संगवारी मतदान केन्द्र बनाए जा रहे हैं जिनमें सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की कमान भी महिला पुलिसकर्मियों के हाथों होगी गरियाबंद कलेक्टर श्याम धावड़े ने राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि इन मतदान केन्द्रों पर महिला अभिकर्ताओं की तैनाती की जाए श्री धावड़े ने बताया कि शत प्रतिशत मतदान के लिए राजिम और बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में ईव्हीएम मशीनों का प्रदर्शन किया गया है साथ ही लोगों में मतदान के लिए जागरूकता जगाने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है गौरतलब है कि महासमुंद लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में आगामी अट्ठारह अप्रैल को मतदान होगा सुब्रत साहु दौरा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुव्रत साहू ने आज कोण्डागांव जिले के शासकीय गुण्डाध्र कॉलेज में बनाए जा रहे स्ट्रांग और ड्राइंग रूम का अवलोकन किया उन्होंने विधानसभावार मतगणना और ईवीएम कक्ष का भी निरीक्षण किया इस दौरान श्री साह ने मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण मतगणना दिवस की तैयारी मतदान केन्द्रों तक आने जाने के लिए वाहन के अलावा सामग्री वापसी पश्चात स्ट्रांग रूम की सीलिंग मतगणना के दिन पोस्टल बैलेट की गणना मतगणना स्थल पर अभिकर्ताओं के प्रवेश और बैठक व्यवस्था वाहन पार्किंग सीसी कैमरा स्थापित करने के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा प्रधानमंत्री फिल्म उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है न्यायालय ने कहा कि याचिका समय से पहले दाखिल की गई है क्योंकि अभी तो सेंसर बोर्ड ने यह फिल्म प्रमाणित नही की है न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक ग्रप्ता तथा संजय खन्ना की पीठ ने व्यवस्था दी कि अगर फिल्म ग्यारह अप्रैल से पहले रिलीज हो जाती है तभी याचिकाकर्ता निर्वाचन आयोग में शिकायत कर सकते है निर्वाचन आयोग ऐप भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई मोबाइल एप्स उपलब्ध कराए हैं इनमें सुविधा ऐप सी विजिल ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप काफी लोकप्रिय हो रहे हैं वहीं राजनीतिक दलों के लिए बैठक और रैलियों के आयोजन की अनुमति प्रदान करने एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई है इसके तहत अनुमति के लिए आवेदन एंड्रायड ऐप के माध्यम से भी दिया जा सकता है इसके अलावा सी विजिल ऐप द्वारा लोकेशन के साथ डेटा और लाइव फोटो तथा वीडियो भेजा जा सकता है कोई भी नागरिक इस मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है निर्वाचन आयोग कार्रवाई रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चन्द्राकर को निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्य से अलग कर दिया है इस कार्रवाई के बाद जिला शिक्षा अधिकारी अब चुनाव से संबंधित गतिविधियों और जिले के शिक्षकों की ड्यूटी सहित अन्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे

इसके तहत स्थानीय स्तर पर भी लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने नित नए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है भिलाई नगर निगम में स्वीप कार्यक्रम के तहत आज सुपेला के व्यापारी संघ ने अपनी द्वकानों को बंद रख निगम की टीम के साथ जनजागरण रैली निकाली और लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया

इन सभाओं में मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई इस दौरान व्यापारियों ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की एक्जिट पोल प्रसारण लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से अंतिम चरण के मतदान समाप्ति तक मीडिया में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के प्रकाशन या प्रसारण पर रोक रहेगी भारत निर्वाचन आयोग ने इस आशय के निर्देश जारी किए हैं लोकसभा चुनाव के लिए कूल सात चरणों में मतदान होना है प्रदेश में प्रथम तीन चरणों में ग्यारह लोकसभा सीटों पर मतदान होगा प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि एक्जिट पोल संबंधी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी पहले चरण के मतदान यानि ग्यारह अप्रैल की सुबह सात बजे से उन्नीस मई की शाम साढ़े छह बजे की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव क्षेत्र में एक्जिट पोल सर्वेक्षण नहीं कर सकेगा साथ ही प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलचित्र टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम पर इसके परिणाम का प्रकाशन प्रसारण भी प्रतिबंधित रहेगा

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर बल के शहीद जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित की राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने में सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय है गौरतलब है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नौ अप्रैल शौर्य दिवस के रूप में मनाता है

मृतक के परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ित और मारपीट करने का आरोप लगाया है वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है बताया जाता है कि मरवाही थाना क्षेत्र के कुम्हारी गांव में कल देर शाम दो पक्षों में विवाद के बाद शिकायत करने पेंड्रा थाना पहंचे चन्द्रिका प्रसाद तिवारी की तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उपचार के लिए बिलासपुर ले जाते समय उनकी रास्ते में ही मौत हो गई छत्तीसगढ़ कैडर केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष दो हजार अट्ठारह बैच के अखिल भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को कैडर आवंटित कर दिया है इसमें छत्तीसगढ़ को चार नए अधिकारी दिनेश कमार पटेल आलोक वाजपेयी एस तेजस और शशिकुमार मिले हैं